मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा कर के इन जनपदों में कोविड से निपटने के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये सभी उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है बच्चों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के निर्देश दिये गये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनपदों को ऑक्सीजन आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है इसके लिये राज्य में तीन सौ से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये निगरानी समितियां घर घर जाकर पड़ताल कर रहीं हैं कोविड रोगियों के लिए टू डीऑक्सी डी ग्लुकोस दवा आज जारी की गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैव के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बघाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि टू डी जी दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है श्री सिंह ने कहा कि संकट के समय में यह दवा आशा की नई किरण लेकर आई है

डॉक्टर हर्षवर्घन ने इस कोविड रोधी दवा को विकसित करने के लिए डीआरडीओ तथा डॉक्टर रेडीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है हमारे संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर रेड्डीज लैब अगले महीने से टू डी जी दवा का अधिक मात्रा में उत्पादन करेगी और यह दवा केवल अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों को दी जायेगी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है पिछले चौबीस घंटों में राज्य में संक्रमण के नौ हजार तीन सौ इक्यानबे नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान तेईस हजार पैंतालीस लोग स्वस्थ हुए हैं राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख उन्चास हजार बत्तीस है अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में तीस अप्रैल को सर्वाधिक सक्रिय मामले तीन लाख दस हजार से अधिक दर्ज किए गए थे जो पिछले सोलह दिनों में आये से भी ज्यादा कम हो गए हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग नब्बे प्रतिशत पहुंच गयी है श्री सहगल ने बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का काम तेज गति से चल रहा है उन्होंने बताया कि कल दो लाख पचपन हजार एक सौ दस नमूनों की जांच की गयी अब तक चार करोड़ उन्चास लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है

इस तरह अब राज्य के तेईस जिलों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है वहीं प्रदेश भर में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण लगातार जारी है अब तक एक करोड़ अड़तालीस लाख इकसठ हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी उनकी तस्वीरें और संपर्क को सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए कानून के अनुसार उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर किसी की जानकारी में कोई ऐसा बच्चा आता है जिसके माता पिता कोविड महामारी के कारण जीवित नहीं रहे हों और उसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो तो बच्चे की सूचना पुलिस बाल कल्याण समिति या चाइल्ड हेल्य लाइन एक शूत्य नौ आठ पर दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का कानूनी रूप से गोद दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए अन्यथा यह बालक मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं